मुख्यमंत्री ने आज कोरबा जिले में आठ सौ छत्तीस करोड़ रूपये की लागत वाले आठ सौ तिरासी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विषेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हए श्री मोदी ने विषेष रूप से देष में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देष में शीघ्र ही विष्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जायेगा नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलबंध लेकर आया है भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्रेमभी शुरू होने जा रहा है इसके लिए देष को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप देष में कई विष्व स्तरीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हुई है उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विष्व नवाचार रैंकिंग में पहले पचास देषों में शामिल है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैष्विक महामारी का हल खोज निकाला है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका की देष ने सराहना की है कोरोना टीका केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोरोना का टीका अन्य देशों में विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान कारगर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पुछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रंखला जारी की है मंत्रालय ने कहा कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके परीक्षण किये गए इस बीच चिकित्सा विशेषज्ञों ने देश में आपात उपयोग के लिए कोरोना वायरस से निपटने की दो वैक्सीन को सरकार की मंजूरी का स्वागत किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने स्वदेशी टीका बनाने में भारतीय प्रयोगशालाओं के कार्य की सराहना की है उन्होंने कहा कि देश में ही अनुसंधान किया गया और यह पूरी तरह भारतीय वैक्सीन है उन्होंने कहा कि कोविड का टीका शुरू में कोरोना योद्वाओं जैसे प्राथमिकता वाले समूहों को लगाया जाएगा वहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है कोरोना समाचार इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख बयासी हजार से अधिक हो गई है कल सात सौ चौदह नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई प्रदेश में फिलहाल नौ हजार नौ सौ अस्सी मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं कल ग्यारह लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है इस बीच पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई वहीं महासमुंद जनपद पंचायत अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर की भी कोरोना संक्रमण से मौत होने की खबर है इन दोनों का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा था वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है दोनों अधिकारी होम आइसोलेशन में हैं केंद्रीय पूल चावल केन्द्र सरकार ने केंद्रीय पूल के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय खाद्य निगम को चौबीस लाख मीटरिक टन चावल की प्रदायगी की अनुमति दी है यह पिछले वर्षों में दी गई अनुमति के बराबर ही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र के इस निर्णय पर धन्यवाद देते हुए उम्मीद जताई है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप भविष्य में और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी केन्द्र सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अुनसार केंद्रीय पूल के तहत किसानों से धान की खरीदी के लिए डीसीपी और गैर डीसीपी दोनों ही राज्यों में केन्द्र सरकार राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं इस समझौते के तहत जब कोई राज्य एमएसपी से अधिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई बोनस या वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है और राज्य की कुल खरीद टीपीडीएस के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को जारी आवंटन से अधिक है तो ऐसी अधिक मात्रा केंद्रीय पूल से अधिक मानी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है इसलिए केंद्रीय सरकारी खरीद को उस मात्रा तक सीमित कर दिया गया है जिसकी पूर्व में बिना प्रोत्साहन के खरीदी की गई थी केन्द्र सरकार का कहना है कि वह विभिन्न राज्यों के लिए एक समान नीति का अनुसरण करते हुए देश के सभी किसानों की सहायता कर रही है इस बीच छत्तीसगढ़ में आज चार जनवरी तक समर्थन मूल्य पर चौव्वन लाख पैंसठ हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है अब तक राज्य में करीब चौदह लाख किसानों ने धान बेचा है धान प्रतिक्रिया इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुरूप किसानों को धान खरीदी का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है अंतर की राशि को जल्द ही देने का वायदा किया गया था जो अब तक किसानों को नहीं मिल पाया है उन्होंने कहा कि चौबीस लाख मीटरिक टन धान जमा नहीं किया गया है दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि राज्य सरकार गोधन न्याय योजना के तहत किसानों की सहायता कर रही है जिसे बोनस नहीं माना जा सकता आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा धान का उठाव नहीं किए जाने के मामले और केंद्रीय कृषि बिल को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा श्री मरकाम ने कहा कि केन्द्र सरकार को साठ लाख मीटरिक टन चावल के उठाव की अनुमति देनी चाहिए भेंडिया समीक्षा महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा है कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को गर्म भोजन देना सुनिश्चित किया जाए आज रायपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक में श्रीमती भेंडिया ने कहा कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर शत प्रतिशत आंगनबाड़ियों में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से बच्चों और महिलाओं को गर्म भोजन दिया जाए उन्होंने रायपुर जिले में कुपोषण की स्थिति और उसे दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अधिकारी मैदानी इलाकों में पदस्थ कर्मचारियों से बेहतर समन्वय से कार्य करें श्रीमती भेंडिया ने कहा कि रेडी दू ईट की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित स्व सहायता समूह को काम नहीं दिया जाएगा

जिले के ओपन थियेटर घंटाघर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत छह सौ छियासी हितग्राहियों को साढ़े सात करोड़ रूपये की सामग्री का वितरण किया इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल में लगे स्टॉल का अवलोकन भी किया इससे पहले मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम सेलर में बने गौठान का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौठानों के माध्यम से ग्राम स्वावलंबन का सपना साकार हो रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट खाद की कीमत प्रति किलो आठ रूपये से बढ़ाकर दस रूपये कर दी गई है गौठानों के जरिये सत्तर हजार एकड़ जमीन सुरक्षित हो गई है इस जमीन से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है चौपाल में मुख्यमंत्री के समक्ष सेलर के जागृति महिला स्व सहायता समूह और दीपांगी एग्रो ग्रुप के बीच मशरूम क्रय विक्रय के लिए एमओयू भी हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में अब तक बत्तीस लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है इसके एवज में गोबर विक्रेताओं को चौंसठ करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है अपने बिलासपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने आज जिला और विकासखंड अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें टीम भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि अब विकासखंड स्तर पर भी शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे जिससे ग्रामीण इलाकों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे लाभान्वित होंगे

उन्होंने तारबहार में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी शुभारंभ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे जितने शिक्षित और स्वस्थ होंगे देश का भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा श्री बघेल ने बिलासपुर के राजेन्द्र नगर चौक में पद्मश्री स्वर्गीय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की मूर्ति का अनावरण भी किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पांच जनवरी को जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे एक हजार तिरासी करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे साथ ही वे किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता विजय दो हजार तेईस के लिए अभी से जुट गए हैं कार्यकर्ताओं के परिश्रम का लाभ आने वाले समय में भाजपा को मिलेगा डी पुरंदेश्वरी ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक ली उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना पार्टी का लक्ष्य है इससे पहले बलौदाबाजार पहुंचने पर डी पुरंदेश्वरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर स्वागत किया वहीं भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन ने आज मुंगेली जिले में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए नौ हजार करोड़ रूपये का हिसाब नहीं दिया है वहीं अट्ठाईस लाख मीटरिक टन चावल जमा करना था जिसे अब तक नहीं कर पाए हैं उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न भंडारण केन्द्रों में करीब पांच लाख टन धान सड़ गया है और दो सौ तैंतीस किसानों ने आत्महत्या की है इसके बारे में भी राज्य सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कल महासमुंद में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे वहीं सह प्रभारी नितिन नवीन कल बेमेतरा जिले के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे

आज ही ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती भी है जिन्होंने दु ष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि तैयार की थी लुई ब्रेल का जन्म चार जनवरी अट्टारह सौ नौ को उत्तरी फ्रांस में हुआ था सिर्फ तीन साल की उम्र में उन्होंने एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें खो दी थीं अपना हौसला बनाए रखते हुए उन्होंने छह बिन्दियों वाली लिपि का आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में राजनांदगांव के शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय में दृष्टिबाधितों की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद संतोष पांडेय ने किया स्पर्धा में खिलाड़ियों ने काफी उत्साह दिखाया उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार विश्व ब्रेल दिवस सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया और ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल को याद किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और समाज सेवियों ने आज पुलिस कंट्रोल रूम से साइकिल यात्रा निकाली करीब पैंतालीस किलोमीटर की इस साइकिल यात्रा के दौरान ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी और विभिन्न अपराधों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी जागरूक किया गया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य लोगों से संवाद करना और उन्हें अपराध के साथ ही स्वास्थ्य स्वच्छता और नशामुक्ति के प्रति जागरूक करना है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

इसी दौरान उसूर थाना क्षेत्र से एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया इस पर हत्या अपहरण विस्फोट आर्म्स एक्ट लूटपाट सहित अनेक माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता भिलाई में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पावर लिफ्टर संतोषी मांझी ने तिरसठ किलोग्राम वर्ग समूह में स्वर्ण पदक हासिल किया उन्हें पूर्व में भी स्ट्रांग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इसी तरह बिलासपुर रेलवे मंडल में पदस्थ प्रकाश राव ने दो अलग अलग वर्ग समूहों में स्वर्ण पदक हासिल किया है राजनांदगांव हेल्पलाइन नंबर राजनांदगांव शहर के लोगों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा लोगों की समस्याओं के निदान के लिए महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने हेल्पलाइन नंबर शून्य सात सात चार चार दो दो दो दो एक चार जारी किया है इस नंबर पर फोन कर नागरिक बिजली पानी सफाई पेंशन और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से निगम प्रशासन को अवगत करा सकते हैं महापौर ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के इंक्यावन वार्डो के नागरिक इस हेल्पलाइन नंबर के जरिये पेंशन राशन कार्ड जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि समस्याओं का निदान पा सकते हैं औषधि पादप बोर्ड छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड अब छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के नाम से जाना जाएगा प्रदेश के आदिवासी समुदाय की पारंपरिक और प्रचलित स्वास्थ्य परंपराओं तथा परंपरागत् उपचारकर्ताओं के ज्ञान को सहेजने और संवर्धित करने के उद्देश्य से बोर्ड के नाम में परिवर्तन किया गया है

इसके पहले वे गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के कलेक्टर थे

साथ ही प्रिंटर और नोट छापने की मशीन भी जब्त की गई है

उसके पास से दस दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं